शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया

अब तब एक लाख छियासठ हजार एक सौ अठासी लोग स्वस्थ बिहार विधान सभा चूनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम कल पटना पहुंच रही है यह टीम तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी यह टीम पटना पहुंचने के बाद कल शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी ब्रधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है इसके बाद इंफोर्समेंट एजेंसी और छब्बीस जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी गुरूवार को यह दल गया के दौरे पर जायेगा जहां बारह जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चूनाव सम्पन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी है आयोग ने चुनाव में धन बल के द्रूपयोग को रोकने के लिए उड़नदस्ता और सर्विलांस टीम का गठन किया है यह टीम किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के बीच धन बांटने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगी इस संबंध में आयोग ने एक टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन जारी किया है इस टेलीफोन नम्बर पर अवैध और काले धन से संबंधित सूचनाएं दी जा सकती हैं इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान पेड न्यूज और विज्ञापन पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है किसी भी उम्मीदवार को राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व इस सेल से प्रमाणीकरण कराना होगा यह सेल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की खबरों और विज्ञापन पर नजर रखेगा साथ ही पेड न्यूज का पता चलते ही प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी करेगा आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों की निगरानी के लिए एंड्रायड मोबाईल एप्लीकेशन सी विजिल तैयार किया गया है विस्तृत वाहन प्रबंधन व्यवस्था सुगम भी निर्मित की गयी है जिसके माध्यम से जिलों में सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को जुलूस सभा वाहन हेलीकॉप्टर लॉउडस्पीकर और निर्वाचन प्रचार कार्यालय हेतु अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है जहां प्राप्त आवेदनों का चौबीस घंटों के अन्दर निष्पादन किया जायेगा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अन्तर्गत प्रलोभन मुक्त मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नम्बर एक नौ पांच शून्य और वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप की सुविधा दी गयी है जिससे लोग अपने नाम और मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है जिलाधिकारी ने कहा है कि त्योहार और रविवार को भी चुनाव कार्य से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे विधानसभा चूनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं का दूसरी पार्टियों में पाला बदलने का सिलसिला जारी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गये हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई श्री चौधरी जमुई के सांसद भी रह चुके हैं इधर पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली एक अन्य घटनाक्रम मे राजद के वरिष्ठ नेता इलियास हुसैन के पुत्र फिरौज हुसैन जदयू में शामिल हो गये पिछले दिनों उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे क्षेत्रीय दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने आज भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है दोनों दलों में अपने गठबंधन का नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक एलायंस रखा है इधर सीपीआई और सीपीएम द्वारा महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर राजद के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है समस्तीपुर से राजद विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन समेत सात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इधर कटिहार सदर से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है पांच अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि छह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर नवल किशोर यादव मदन मोहन झा डॉक्टर एन के यादव संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं प्रदेश में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से खुल गये हैं केन्द्र सरकार के अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने स्कूलों को कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है आज स्कूलों में बच्चों की बहुत ही कम उपस्थिति देखी गयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर दिन एक तिहाई बच्चे ही स्कूल बुलाये जायेंगे एक बच्चा सप्ताह में दो दिन से अधिक स्कूल नहीं आयेगा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है वहीं प्रतिदिन पचास प्रतिशत शिक्षक ही स्कूल पहुंचेंगे इधर राज्य के कई प्रतिष्ठित निजी स्कूलों ने कम्पार्टमेंटल परीक्षा और अभिभावकों के बीच कराये सर्वे का हवाला देते हुये पांच अक्टूबर के बाद ही उच्च कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय पर विचार करने की बात कही है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोहों के अवसर पर विशेष श्रंखला के तहत सुनिये बापू की बात प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है

जो सेवा करना चाहते हैं वो करें

प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख अस्सी हजार से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के एक हजार एक सौ पचास मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ अंठानवे नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं पूर्णियां जिले से एक सौ एक मुजफ्फरपुर से पैंसठ वैशाली से अंठावन नालंदा से बयालीस समस्तीपुर से इकतालीस और गया से उनतालीस नये मामले सामने आये हैं इधर राज्य में इस महामारी से ठीक होने की दर बानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है राज्य में अब तक एक लाख छियासठ हजार एक सौ अठासी लोग स्वस्थ हुये हैं जबकि आठ सौ बानवे लोगों की मृत्यु हुई है अभी लगभग तेरह हजार मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है देश में कोविड उन्नीस के पुष्ट मामलों की संख्या साठ लाख के आंकड़े को पार कर गयी है पिछले चौबीस घंटे में चौहत्तर हजार आठ सौ तिरानवे मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक पचास लाख सोलह हजार पांच सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हो चूके हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले चौबीस घंटों में बयासी हजार एक सौ सत्तर नये मामले सामने आये हैं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर साठ लाख चौहत्तर हजार सात सौ तीन हो गयी है केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण बैंकों द्वारा ऋण की किश्तों पर ब्याज वसूलने पर लगी रोक के बारे में दो से तीन दिनों में फैसला होने की आशा है शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को स्थगित किश्तों पर चुनौती देने के संबंध में हलफनामा दे केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मामले पर गंभीरता से विचार किया गया न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पांच अक्तूबर को करेगी अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी एक सौ तेरहवीं जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया बाईट मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगतसिंह को नमन करता हूँ शहीद भगतसिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे चिन्तक थे

शहीद वीर भगतसिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे प्रदेश में भी विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन का भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गयी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रवींद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक बहत्तर मिलीमीटर वर्षा भागलपुर जिले के बिहपुर में हुई है वही जमुई कटिहार और आस पास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है दक्षिण बिहार में रोहतास तथा आस पास के क्षेत्र में भी हल्की बारिश दर्ज की गयी है इधर पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा तथा आस पास के क्षेत्रों में कई पंचायतों में गंडक सिकरहना पंडई और सहायक नदियों का पानी फैला हुआ है वहीं पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से बड़ी संख्या में लोग फंस गये जिन्हें एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित निकाला गया इधर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर और आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है अररिया जिले में भी पलासी जोकीहाट सदर और कुर्साकांटा प्रखंड के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है कटिहार में लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है पूर्व विधान पार्षद मोहम्मद इसरायल राइन का आज निधन हो गया वे लम्बे समय से बीमार चल रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है पश्चिम चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र से प्रलिस ने शराब पीने के आरोप में एक मुखिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है

शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया

अब तब एक लाख छियासठ हजार एक सौ अठासी लोग स्वस्थ